सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे आरम्भ होगी इस दौरान प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी

वित्त मंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए लोक लेखा अधिकारियों को अधिक कुशलता लानी चाहिए और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए

निर्मला सीतारामण ने कहा कि प्रतिदिन नए संस्करण सामने आ रहे हैं इसलिए अधिकारियों को अधिक से अधिक कुशलता लानी चाहिए और तकनीक अपनानी चाहिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वस्तु और सेवा कर को देश में मूक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है पुरस्कार आईजीएमसी शिमला के डॉ जितेंद्र मोक्टा को डायबिटीज अवेयरनेस इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है मधुमेह के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिये डॉ मोक्टा को ये प्रस्कार बंगलूरू में प्रदान किया गया डॉ मोकटा मध्मेह के क्षेत्र में इससे पहले भी कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं

समापन समारोह में शालाघाट व्यापार मण्डल के प्रधान सागर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया दुर्घटना सिरमौर जिला के संगड़ाह क्षेत्र के गेहल के समीप कल देर शाम एक निजी वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं

घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है डीएसपी संगड़ाह अनिल धौलटा ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य में धन लगाने के लिये प्रेरित किया जाए हिमाचल दस्तक का शीर्षक है अब हमीरपुर चंबा को झंडी देने पर माथा पच्ची दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मिले मुख्यमंत्री

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जांच को झटका सीबीआई ने एक साथ बदले चार बड़े अफसर शिमला मुख्यालय में बड़े अधिकारियों में डीएसपी ही बचे

दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है प्रन्नर गांव की किरण दौड़ाएगी रेल इंजन मंडी में देवता के नाम पर फिर जातीय भेदभाव घर में घूसकर देव भोज फेंका अमर उजाला की खबर है इसी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है धाम पका रहे दलित परिवार के बर्तन प्रर्व प्रधान ने तोड़ डाले रोजगार मेले में दो हजार युवाओं को मिली नौकरी दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है

शिमला में भूकम्प के झटके जानमाल का नुकसान नहीं दैनिक भास्कर की खबर है

दैनिक जागरण के शब्द हैं तीन दिन में पांचवीं बार कांपी धरती